उन्होंने कहा कि इस साल की शुरूआत में कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत में कोरोना वायरस का प्रभाव बहत ही भयंकर होगा लेकिन लॉकडाउन और सरकार के कई अन्य उपायों तथा लोगों के साहस के कारण भारत आज कई अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है श्री मोदी ने कहा कि कोराना वायरस से स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है और लोगों के मनोबल ने अच्छे परिणाम दिए हैं फिर भी हम कोताही नहीं बरत सकते प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि मास्क पहनना दो गज की सुरक्षित दूरी रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना अब भी बहत आवश्यक है

आज रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के प्रदेष अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाष ने कोल ब्लॉक नीलामी से राज्य को होनेवाले फायदे का जिक किया उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले पर राज्य सरकार राजनीति कर रही है

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात से होनेवाले खर्च को कम करने के लिए केन्द्र सरकार ने यह कदम उठाया है इस बीच झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ने कोल ब्लॉक नीलामी मामले पर राज्य की जनता को भाजपा द्वारा बरगलाये जाने का आरोप लगाया है रांची में पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोल ब्लॉक नीलामी से राज्य के साठ हजार लोग विस्थापित होंगे और इसके लिए यह सही समय नहीं है उन्होंने कहा कि इस मामले पर भाजपा की जल्दबाजी समझ से परे है

इस उपलक्ष्य में कोडरमा जिले में लाभुकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिला प्रषासन के आलाधिकारी लाभुकों के घर जाकर उन्हें पौधे और पृष्प गुच्छ देकर सम्मानित कर रहे हैं

जिन कोविड रोगियों को ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें अब वैकल्पिक रूप से ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन भी दिया जा सकता है

इसके अलावा कोविड से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह करना जरूरी है

यह कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी से मन की बात के हिंदी प्रसारण के तुरन्त बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जायेगा

वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास भारतीय सीमा में हो रहे सड़क निर्माण को लेकर आईआईटी आईएसएम धनबाद के खनन विषेषज्ञ सीमा सड़क संगठन को तकनीकी प्रषिक्षण दे रहे हैं दरअसल भारत चीन सीमा पर बद्रीनाथ और अरूणाचल प्रदेष तक जबकि भारत नेपाल सीमा पर धारसूला तक सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है इसमें आईआईटी आईएसएम धनबाद के प्रोफेसर एके मिश्रा और खनन इंजिनियरिंग विभाग के डॉ बीएस चौधरी सीमा सड़क संगठन से जुड़े अधिकारियों को नियंत्रित ब्लास्टिंग के बारे में प्रषिक्षण दे रहे हैं

इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं उपचार के बाद स्वस्थ होनेवाले सभी तेरह लोगों को सम्मान पूर्वक उनके घर भेजा गया हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ संजय कमार सिन्हा ने बताया कि जिले में अबतक एक सौ पैंतीस लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं अब जिले में सक्रिय मामलों की संख्या एक्कावन रह गई है

वहीं उपचार के बाद पचपन मरीजों को विभिन्न अस्पतालों से छट्टी दे दी गई

वहीं देश में स्वस्थ होने की दर अंठावन दशमलव एक तीन प्रतिशत है इस तरह कोरोना संक्रमितों की संख्या के लिहाज से झारखंड देश में इक्कीसवें स्थान पर है गौरतलब है कि यहां कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या दो हजार दो सौ छियानवे तक पहंच चुकी है इनमें स्वस्थ होनेवाले लोगों की संख्या एक हजार छह सौ साठ है जबकि सक्रिय मामलों की संख्या छह सौ बाईस है राज्य में अबतक बारह लोगों की मौत हो चुकी है

मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी परिषद की बैठक में इस अवधि के दौरान मौजूद हालात के मद्देनजर कुछ और रियायतें देने पर भी सहमति बनी

सीआरपीएफ एक सौ सनतावन बटालियन के जवान लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने में भी लगे हैं सीआरपीएफ कमांडेंट रमाकांत पांडा ने बातया कि कोरोना संक्रमण काल में उत्पन्न विकट परिस्थिति में भी क्षेत्र का विकास बाधित न हो इसके लिए कदम उठाये जा रहे हैं कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार ने इस वर्ष देवघर में विष्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन नहीं करने का फैसला किया है जैसा कि आपको मालूम है कि इस मेले में देष विदेष के श्रद्वाल् शामिल होते हैं

इन विवादों के निपटारे में पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जा रहा है

इसके साथ ही सहकारी बैंकों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा शक्तियों का भी विस्तार किया गया है

राज्य के कई हिस्सों में आज रूक रूक कर मध्यम दर्जे की बारिष जारी है

इस कार्यालय के अधीन पूर्वी सिंहभूम पष्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के क्षेत्र आयेंगे